प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार प्रत्येक नागरिक को कम खर्च पर अच्छी स्वासथ्य स्विधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है प्रधानमंत्रीभारतीय जनाऔषधी परियोजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हए श्री मोदी ने कहा कि देश भर में तीन हजार से अधिक जन औषधि केन्द्र चलाए जा रहे है जहां मध्मेह हद्वय रोग रक्तचाप व अन्य बीमारियों के उपचार के लिए सात सौ से अधिक उच्च ग्णव्ता वाली दवाईयां उपलब्ध है उन्होंने बताया कि भविष्य में ऐसे पांच हजार केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य है

उन्होंने बताया कि सरकार ने हद्वय रोग उपचार में काम आने वाले स्टंट की कीमत में बहत कमी की है और इसका लाभ गरीब तथा मधयम वर्ग को सर्वाधिक पहंच रहा है उन्होंने बताया कि घ्टना प्रत्यारोपण की कीमतों में भी भारी कमी हुई है और सरकार द्वारा चलाए जा रहे डायलिसिस केन्द्रों ने भी अपनी कीमतों में कमी की है

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा इन कॉलेजों के निरीक्षण के दौरान ब्नियादी ढांचे शिक्षक व संसाधनों में कमी पाई गई

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हए जिला अम्बाला के गांव मंगलाई में राष्ट्रीय आय्ष मिशन के तहत सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया है स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने आज चंडीगढ़ में बताया कि म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है

हरियाणा के राज्यपाल प्रो कप्तान सिंह सोलंकी ने आज चंडीगढ़ स्थित राजभवन में लेखक राजेन्द्र मोहन वालिया के कहानी संग्रह अमानत और डॉ धर्मदेव विदयार्थी दवारा लिखित प्स्तक छोटे बच्चे बड़े बलिदान का विमोचना किया इस अवसर पर राज्यपाल के लेखकों को बधाई देते हए उनके लेखक व भविष्य में किए जाने वाले प्रयासों की सफलता की कामना की राजेन्द्र मोहन वालिया ने कहानी संग्रह अमानत में जीवन के विभिन्न घटना क्रमों और परिवारिक व सामाजिक रिश्तों का यथार्थवादी चित्रण किया है छोटे बच्चे बड़े बलिदान प्स्तक में लेखक डॉ धर्मदेवी विद्यार्थी ने वीर बालकों व बालिकाओं की वीरता देश भक्ति ईमानदारी धर्मनिष्ठा साहस आदि ग्र्णो से य्क्त प्रसंगों का संकल्न किया है

सिरसा डेरा प्रम्ख ग्रमीत राम रहीम सिंह को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचक्ला में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार हनीप्रीत की ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई है हनीप्रीत द्वारा पंचकला स्थित अतिरिकत सत्र न्यायधीश नीरजा कुलवंत कलसव की अदालत में ज़मानत याचिका दायर की थी जिस पर अदालत द्वारा ब्धवार को फैसला स्रक्षित रखा गया था पंचक्ला प्लिस ने उत्कर्ष सोसायटी में महिला सहकर्मी से छेड़छाड़ के मामले में एचसीएस अधिकारी रीगन कुमार को गिरफ्तार किया है पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद एचसीएस अधिकारी को पंचकूला स्थित अदालत में पेश किया

उल्लेखनीय है कि रीगन क्मार पंचकूला स्थित एज्सेट सिस्टम से जुड़ी उत्कर्ष सोसायटी में सीईओ और प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे हरियाणा पुलिस की स्पैशल टास्क फोर्स द्वारा लॉरेन्स बिशनोई गैंग के अति वांछित क्ख्यात अपराधी सम्पत नेहरा को हैदराबाद में काब् किया गया है सम्पत नेहरा दर्जनों हत्याओं लूट फिरौती स्पारी लेकर हत्या करना हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामलों में वांछित है और करोड़ा रूपये की स्पारी लेकर हतया करना म्ख्या पेशा है हरियाणा प्लिस महानिदेशक बलजीत सिंह संध् ने वांछित अपराधी सम्पत नेहरा की गिरफ्तारी पर एस टी एफ के सभी अधिकारियों को मुंबारक दी प्लिस प्रवक्ता ने बताया कि लॉरेन्स बिशनोई गैंग के मुख्य सरगना ने ही सलमान खान को मारेने की धमकी दी थी जो फिलहाल जोधप्र जेल में बंद है

सम्पत नेहरा इस ग्र्ट का शार्प शूटर है जो छात्र राजनीति के माध्यम से ही क्ख्यात अपराधी बना

बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रधान श्वेत मलिक व अन्य नेता भी मौज़द रहे पंजाब में भाजपा और अकाली दल के अगले लोकसभा च्नाव में गठबंधन व संभावनाओं पर चर्चा की गई बाद में उन्होंने पंजाब के भाजपा नेताओं के साथ भी बैठक की अमित शाह आज शाम हाकी खिलाड़ी बलबीर सिंह मिलखा सिंह तथा अनयों से मिलकर वापिस दिल्ली रवाना हो रहे है केन्द्र में एनडीए सरकार ने अपने चार साल पूरे कर लिये है इस अवसर पर आकाशवाणी सेवा प्रभाग दवारा विभिन्न मंत्रालयों की उपलब्धियों पर विशेष श्रंखला चार साल मोदी सरकार का प्रसारण किया जायेगा इस विशेष श्रंखला मे आज मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का साक्षात्कार प्रसारित किया जाएगा

उन्होंने कहा कि अब पांचवी और आठवी कक्षा में बोर्ड की परीक्षा फिर से श्रू की जायेगी